् कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे का प्रस्ताव किया नामंजूर

्र राज्य स्तरीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता सम्पन्न जयपुर ने जीते दोहरे खिताब

श्री कोविंद ने नरेन्द्र मोदी से मंत्रिपरिषद के गठन और शपथ ग्रहण की तारीख पर निर्णय करने के लिए भी कहा है भाजपा और इसकी अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए की ओर से श्री मोदी को सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री मोदी सरकार बनाने का दावा पेश करने कल रात राष्ट्रपति भवन गए थे इस अवसर पर नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वे लोगो को आश्वस्त करना चाहते हैं कि नई सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी

बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवानी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे

बैठक में मौजूद सदस्यों ने इसे द्वकरा दिया और प्रतिकूल परिस्थिति में उनसे नेतृत्व करते रहने का आग्रह किया पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में श्री गांधी को पार्टी संगठन के प्नगर्ठन के लिए अधिकृत किया गया है

राष्ट्रपति ने निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने पर सभी को बधाई दी

एसओजी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एसओजी के दल ने मुंबई अहमदाबाद सिरोही गुड़गांव और जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर छापे मार कर आरोपियो को गिरफतार किया पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि सोसायटी ने फर्जी कंपनियां बनाकर निवेशकों के धन का द्रूपयोग किया है

इस हादसे के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी कोचिंग संस्थानों शॉपिंग मॉल्स सिनेमा हॉल और ऑडिटोरियम सहित अन्य जगहों पर फायर ड्रिल सर्वे करवाया जा रहा है कल राजधानी जयपुर में नगर निगम ने तीन अलग अलग स्थानों पर फायर सेफ्टी ड्रिल का अभ्यास किया जिन संस्थानों के पास नगर निगम की फायर एनओसी नहीं है उन्हें भी नोटिस जारी किए जाएंगे बीकानेर कलेक्टर ने भी नगर निगम आयुक्त को दो दिन के अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम के नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों को सीज करने के निर्देश दिये हैं

इसके अलावा शिक्षण संस्थानों होटल्स जैसी जगहों पर भी सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव ओ पी चौधरी ने भारतीय जीव जंत कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया है

नया कानून वर्तमान आयकर अधिनियम का स्थान लेगा

प्राधिकरण की जयपूर निदेशक अर्चना मिश्रा ने बताया कि इस प्रशिक्षण में बच्चों के लिए कानूनी सहायता और उनसे संबंधित कानूनों की जानकारी दी जाएगी

इस मामले में न्यायालय ने इन लोगों से जवाब मांगा है

ट्रेक्टर से जुताई करते समय लगभग दो फुट लम्बा और काफी वजनी जीवित बम मिला था

छात्र और छात्रा दोनों ही वर्गो में जयपुर की टीम विजेता बनी हैं राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष और स्वीमिंग फैडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष अनिल व्यास ने बताया कि नेशनल प्रतियोगिता के लिए राजस्थान टीम का चयन भी आज शाहपुरा में ही किया जाएगा

्र कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे का प्रस्ताव किया नामंजूर

्र राज्य स्तरीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता सम्पन्न जयपुर ने जीते दोहरे खिताब